लोस चुनाव छठवां चरण लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं इस चरण में सात राज्यों में उनसठ निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कल वोट डाले जायेंगे उ तार प्रदेश में चौदह हरियाणा में दस पश्चिम बंगाल बिहार और मध्य प्रदेश में आठ आठ दिल्ली में सात तथा झारखंड में चार सीट के लिए मतदान होगा पीडीएस राशन प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशनकार्डधारियों को आगामी जून और जुलाई माह का राशन अगले महीने एक साथ दिया जाएगा इस संबंध में खाद्य विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं इसकी जानकारी उचित मूल्य की दुकानों में प्रदर्शित करने और समाचार पत्रों सहित अन्य संचार माध्यमों तथा मुनादी के माध्यम से नागरिकों को देने कहा गया है अधिकारियों ने बताया कि दो माह के खाद्यान्न का भण्डारण उचित मूल्य की दुकानों में कराया जाएगा राशन दुकानों में चावल महोत्सव का आयोजन कर जन प्रतिनिधियों निगरानी समिति के सदस्यों और प्र शासनिक अधिकारियों के समक्ष राशन का वितरण किया जाएगा आईईडी विस्फोट जवान घायल छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे ओडिशा के मल्कानगिरी जिले में माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में दो जवान घायल हो गए मिली जानकारी के मुताबिक मंथली थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों के जवान सर्चिंग कर लौट रहे थे तभी ओरपदर और दोलडोली के बीच माओवादियों ने आईईडी विस्फोट किया इस घटना में दो जवान गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए विशाखापट्नम भेजा गया है बिजली आपूर्ति बाधित भिलाई के दो सौ बीस विद्युत सब स्टेशन में कल रात आग लग जाने के कारण प्रदेश के कई इलाकों में करीब एक घंटे तक ब्लैक आउट की स्थिति बनी रही विद्युत आपूर्ति बाधित होने से भिलाई से लेकर बस्तर तक लगभग चार लाख उपभोक्ता प्रभावित हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी की प्रबंध संचालक तृप्ति सिन्हा ने बताया कि भिलाई स्थित सब स्टेशन में एमवीए द्र ांसफॉर्मर के साथ लगा पुराना सीटी उपकरण ब्लास्ट हो गया था इसके कारण रायपुर द्र्ग और बस्तर संभाग में भी करीब एक घंटे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रही घटना के बाद विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर करीब एक घंटे के भीतर सुधार कार्य करते हए बिजली आपूर्ति को बहाल कर दिया आज भी दोपहर तक मरम्मत का कार्य जारी रहा तीन द्र ांसफॉर्मरों को चालू कर दिया गया है और प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सामान्य हो गई है प्रबंध संचालक ने यह भी बताया कि गर्मी बढ़ने और उपकरण पुराना होने के कारण सिस्टम में खराबी आई है पूरे प्रदेश में सभी पुराने उपकरणों को शीघ्र ही बदला जाएगा इसके लिए बासठ करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है मुकेश गुप्ता आरोप पत्र राज्य शासन ने भारतीय पुलिस सेवा के निलंबित अधिकारी मुकेश गुप्ता के खिलाफ फोन टेपिंग सहित दो अन्य बिंद्ओं पर आरोप पत्र जारी किया है डीजी स्तर के अधिकारी मुकेश गुप्ता पर पुलिस की छवि खराब करने के साथ साथ अपने स्टाफ पर दबाव डालकर किसी भी प्रकरण में गलत एंट्रियां करवाने का भी आरोप लगाया गया है तीनों आरोपों पर जांच का जिम्मा पूलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी को सौंपा गया है यास्मीन सिंह जांच राज्य सरकार ने पूर्व प्रमुख सचिव अमन कुमार सिंह की पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी रेणु जी पिल्ले को इस मामले में जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है उन्हें तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है आदेश में कहा गया है कि यास्मीन सिंह के खिलाफ राज्य शासन को शिकायत प्राप्त हुई थी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में नवंबर दो हजार पांच में यास्मीन सिंह की नियुक्ति संचालक संचार क्षमता विकास इकाई सीसीडीयू में संविदा आधार पर की गई थी शिकायत में कहा गया है कि नियुक्ति के समय उन्हें प्रतिमाह पैंतीस हजार रूपये का मानदेय तय हुआ था जो बाद में बढ़ाकर एक लाख रूपये प्रतिमाह कर दिया गया यास्मीन सिंह पूर्णकालिक कत्थक नृत्यांगना हैं और उनके द्वारा कोई भी शासकीय कार्य नहीं किया गया है इस मामले में यास्मीन सिंह ने कहा है कि उनके ऊ पर लगाए गए सारे आरोप गलत और आधारहीन है वे शिकायतकर्ता के खिलाफ मुकदमा और समुचित कानूनी कार्रवाई करेंगी

आज ही के दिन वर्ष उन्नीस सौ अंठानवे में भारत ने राजस्थान के पोखरण में अपना परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किया था राष्ट्र पति रामनाथ कोविंद ने पोखरण परीक्षण की वर्षगांठ के अवसर और राष्ट्र ीय प्रौद्योगिकी दिवस पर वैज्ञानिक समुदाय को बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर राष्ट्र को बधाई दी

उन्होंने कल समीक्षा बैठक ली और अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति के लिए ठोस प्र यास करने के निर्देश दिए अपर मुख्य सचिव ने कहा कि वन विदोहन से प्राप्त होने वाले राजस्व लक्ष्य के अनुरूप हासिल किया जाए लक्ष्य प्राप्ति में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नही की जाएगी उन्होंने अधिकारियों को बारिश के मौसम के पहले वनोपज के सही रखरखाव की व्यवस्था करने को भी कहा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि बीते वर्ष वनोपज से छह सौ करोड़ राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था इसके विरूद्व करीब दो सौ चौव्वन करोड़ रूपए राजस्व की प्राप्ति हई है

छत्तीसगढ़ के सभी ग्यारह संसदीय क्षेत्रों में भी मतगणना की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं इस सिलसिले में कल राजधानी रायपुर में मतगणना सुपरवाईजरों और मतगणना सहायकों को मतगणना की प्रशिक्र या तथा प्रावधान के संबंध में प्र शिक्षण दिया गया जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ क्टर बसवराजु एस ने मतगणना के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी उन्होंने बताया कि सभी मतगणनाकर्मियों को मतों की गिनती का कार्य अत्यंत गंभीरता से करना है मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन सहित अन्य सभी प्रकार के इलेक्ट्र ॉनिक गैजेट कैलकुलेटर पेन ड्राइव पेन और पेंसिल ले जाना मना है रायपुर के शासकीय इंजीनियरिंग क ॉलेज में सात विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गिनती की जाएगी प्रत्येक विधानसभा के मतगणना कक्ष में चौदह टेबल लगाई जाएगी सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी दूसरे चरण का प्र शिक्षण बीस मई को होगा दुर्घटना बलौदाबाजार जिले में बीती रात हुए एक सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए मिली जानकारी के मुताबिक ये सभी कार में सवार होकर भिलाई से बलौदाबाजार लौट रहे थे तभी पलारी से छह किलोमीटर द्र ग्राम कुसमी के पास एक चारपहिया वाहन ने उनकी कार को टक्कर मार दी

वहीं बालोद जिले के डाँडी में आज धोबीनाला के पास चारपहिया वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई जिले की चिटठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजकर पांच मिनट पर जिले की चिट्ठी कार्य क्र म का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्य क्र म आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित किया जाएगा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 इस बार के अंक में राजनांदगांव जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी मौसम और अब पेश है मौसम का हाल प्रदेश के कई इलाके इन दिनों लू की चपेट में है तेज धूप और गर्म हवाओं के थपेड़ों से लोग हलाकान नजर आ रहे हैं इस बीच मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तीस से चालीस किलोमीटर प्रतिघंटा या इससे अधिक गति से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है वहीं प्रदेश के सभी संभागों में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने की भी संभावना है मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में बीते चौबीस घंटों के दौरान लू की स्थिति रही बिलासपुर संभाग के अधिकतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई जबकि बाकी संभागों के तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान तिरालीस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रायपुर में दर्ज किया गया कोंडागांव सहित कुछ स्थानों पर आज गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने के समाचार भी मिले हैं

इस दिन मुख्य सचिव रायपुर स्थित मंत्रालय में अधिकारियों और कर्मचारियों को आतंकवाद विरोधी दिवस की शपथ दिलाएंगे

इन सभी को इलाज के लिए लोरमी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है

हाथियों का यह दल ग्राम कौंदकेरा के आसपास विचरण कर रहा है